दस हजार करोड़ रुपये की लागत से बारह आधुनिक जैव ईंधन रिफाइनरी स्थापित करने की घोषणा की

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश भर में दस हजार करोड़ रुपये की लागत से बारह आधुनिक जैव ईंधन रिफाइनरी स्थापित किए जाएंगे विश्व जैव ईंधन दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जैव ईंधन के इस्तेमाल से किसानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आयेगा बाईट देश भर में दस हजार करोड़ रूपये की लागत से बारह आधुनिक रिफाइनरी बनाने की योजनाहै एक रिफाइनरी से लगभग हजार पन्द्रह सौ लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है यानि रिफाइनरी के संचालन से लेकरसप्लाई चेन तक लगभग डेढ़ लाख नौजवानों को रोजगार के नये अवसर उपलब्ध होंगे प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने दो हजार बाईस तक पेट्रोल में एथनॉल मिलाने का अनुपात दस प्रतिशत और दो हजार तीस तक बीस प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा है उन्होंने बताया कि बीते चार वर्षों में एथनॉल का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है जिससे न केवल किसानों को मदद मिली है बल्कि पिछले एक साल में चार हजार करोड़ रुपये मूल्य की विदेशी मुद्रा की भी बचत हुई है बाईट सरकार का लक्ष्य है कि अगले चार वर्ष में ये बचत करीब करीब बारह हजार करोड़ रूपयेतक पहुंचे इतना ही नहीं अगले चार वर्षो में गन्ने से इथेनॉल बनाने भर से ही लगभग बीस हजार करोड़ रूपयेसे अधिक जुटने का अनुमान है इस बचत से और गन्ने के लिए मिले विकल्प से गन्ना किसानोंको जो बार बार मुसीबतों को झेलना पड़ता है उसका एक स्थायी समाधान का रास्ता निकलेगा प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार गांवों में सीएनजी वाहन को बढ़ावा देगी

नक्सली ने नोटबंदी के दौरान लेवी के रूप में वसूले गये कालेधन को सफेद किया था इससे पहले निदेशालय झारखंड में भी उसकी चल अचल संपत्ति जब्त कर चुका है राज्य सरकार ने मुजफ्फरपुर यौन शोषण कांड के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर और उसकी स्वयंसेवी संस्थाओं के सदस्यों की चल अचल संपत्तियों की बिक्री पर रोक लगा दी है ब्रजेश ठाकुर के बेटे द्वारा मुजफ्फरपुर शहर स्थित ग्यारह कट्ठा जमीन बेचने की खबर सामने आने के बाद राज्य सरकार ने ये कार्रवाई की है प्राप्त जानकारी के अनुसार दो करोड़ रुपये का यह सौदा इस मामले में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद हुआ था वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकार ने ब्रजेश ठाकुर और उसके सहयोगियों की संपत्तियों की जांच शुरू कर दी है इस बीच आयकर विभाग ने ब्रजेश ठाकुर की विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं को मिलने वाली रियायत वापस ले ली है इधर सीबीआई की टीम ने आज समाहरणालय स्थित समाज कल्याण विभाग के कोषांग से कई दस्तावेज जब्त किये जांच दल ने दो घंटे से अधिक समय तक सामाजिक सुरक्षा कोषांग में छानबीन की और कई लोगों से पूछताछ की वहीं जांच एजेंसी की एक टीम ने ख़ुदीराम बोस केन्द्रीय कारा के जेल वार्ड जाकर ब्रजेश ठाक़ुर के मेडिकल रिपोर्ट और उसके स्वास्थ्य की स्थिति की जानकारी ली सीबीआई ने पुलिस की एफआईआर केस डायरी और चार्जशीट की कॉपी कोर्ट के आदेश के बाद प्राप्त कर ली है बालिका गृह से जब्त विजिटर रजिस्टर में दर्ज नामों की सूची और निरीक्षण के लिए आने वाले अधिकारी तथा नेताओं के नामों की सूची भी सीबीआई को मिल गयी है मूख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि अगले साल मार्च महीने तक अलग फीडर से कृषि कार्य के लिए बिजली मिलने लगेगी मुख्यमंत्री आज पटना में बिजली विभाग की सात हजार पांच सौ बाईस करोड़ रुपये की लागत वाली विभिन्न परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास समारोह को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि इस साल के अंत तक हर घर बिजली पहुंचाने का लक्ष्य पूरा कर लिया जायेगा श्री कुमार ने कहा कि दो हजार पांच से राज्य में लगातार बिजली की उपलब्धता में सुधार हो रहा है उन्होंने कहा कि तेरह वर्ष पहले राज्य में बिजली की आपूर्ति सात सौ मेगावाट थी जो अब बढ़कर पांच हजार मेगावाट से अधिक हो गयी है मुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों को दो वर्ष के भीतर सभी जर्जर तारों को द्रूस्त करने के निर्देश दिये उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि शहरी क्षेत्रों में पचास माईक्रॉन से कम मोटाई वाले पॉलीथिन बैग को प्रतिबंधित किया जायेगा आज बिहार पृथ्वी दिवस पर पटना में आयोजित एक समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि इसके बारे में जल्द ही अधिसूचना का प्रारूप जारी कर लोगों से राय ली जायेगी उन्होंने आम लोगों विशेषकर छात्र छात्राओं से पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम के लिए आगे आने का आहवान किया रेल मंत्री पीयूष गोयल बारह अगस्त को आरा रेलवे स्टेशन पर आरा सासाराम रेललाईन के विद्युतीकरण के काम का शुभारंभ करेंगे केन्द्रीय मंत्री और स्थानीय सांसद आरके सिंह ने यह जानकारी देते हुए बताया कि श्री गोयल भोजपुर जिले के अंतर्गत कारीसात कुलहरिया और कोईलवर स्टेशनों पर प्रस्तावित फुट ओवर ब्रिज का भी शिलान्यास करेंगे वहीं आरा रेलवे परिसर के विस्तार कार्य की भी शुरूआत की जायेगी भारत और नेपाल के सीमा सूरक्षा बलों ने सीमा पार अपराध रोकने के लिए समय पर खुफिया जानकारी के आदान प्रदान और सहयोग बढ़ाने का फैसला किया है महानिरीक्षक शैलेंद्र खनाल के नेतृत्व में चार दिन की यात्रा पर आये नेपाल के सशस्त्र पुलिस बल के प्रतिनिधिमंडल की आज नई दिल्ली में सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों के साथ बातचीत में यह फैसला किया गया भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व बीएसएफ के महानिदेशक रजनीकांत शर्मा ने किया दोनों देशों के बीच इस बैठक में आपसी सहयोग बढ़ाने तथा सीमा पार अपराध मानव तस्करी और सीमा जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई मुजफ्फरपुर जिले में अहियापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सीतामढ़ी रोड पर झपहा चौक के पास एक अनियंत्रित ट्रक से कुचल कर मोटरसाइकिल सवार की मौत के बाद आक्रोशित लोगों ने छह बसों को आग के हवाले कर दिया घटनास्थल पर तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है आक्रोशित लोग सड़क जाम कर हंगामा कर रहे हैं बक्सर में अज्ञात अपराधियों ने स्टेट बैंक के ग्राहक सेवा केन्द्र के संचालक से चार लाख रूपये लूट लिये यह घटना उस समय हुई जब संचालक स्टेट बैंक की कोरानसराय शाखा से पैसा निकालकर जा रहा था झारखंड उच्च न्यायालय ने चारा घोटाला के सजायाफ्ता लालू प्रसाद की औपबंधिक जमानत की अवधि बीस अगस्त तक बढ़ा दी है

मुंगेर में बोरवेल के गड़ढ़े से सुरक्षित निकाली गयी तीन वर्षीय बच्ची सन्नो को पीएमसीएच से स्वास्थ्य लाभ के बाद आज छुट्टी दे दी गयी डॉक्टरों ने सन्नो को पूरी तरह से स्वस्थ्य बताया है रेलवे परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए कल गया से दूर्ग के लिए सुबह आठ बजकर तीस मिनट पर विशेष ट्रेन खुलेगी वापसी में दुर्ग से यह ट्रेन तेरह तारीख को रात्रि के साढ़े आठ बजे गया के लिए प्रस्थान करेगी वहीं दरभंगा से भुवनेश्वर के लिए कल दिन के तीन बजे विशेष ट्रेन का परिचालन किया गया है वापसी में यह ट्रेन चौदह अगस्त को रात आठ बजे भुवनेश्वर से दरभंगा के लिए खुलेगी मुंगेर व्यवहार न्यायालय में पिछले दो दिनों से चल रही तृतीय और चतुर्थवर्गीय श्रेणी के कर्मचारियों की हड़ताल आज समाप्त हो गयी पूर्णिया नगर निगम के मुख्य पार्षद् के लिए आज चुनाव संपन्न हो गया हालांकि पटना उच्च न्यायालय के निर्देश पर मतों की गिनती नहीं की गयी है पश्चिम चंपारण जिले के सिकटा रेलवे स्टेशन से एसएसबी ने एक व्यक्ति को बत्तीस लाख रुपये मूल्य के नशीले पदार्थ मार्फीन के साथ गिरफ्तार किया है भोजपूर जिले के बिहियां नगर थाना क्षेत्र के नवोदय चौक के पास कुछ अपराधी एक बैंक के एटीएम को उखाड़ कर ले गये पुलिस ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है अररिया जिले की एक अदालत ने हत्या के दो साल पुराने एक मामले में तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है अरवल सदर अस्पताल में आग लग जाने से कुछ देर के लिए अफरा तफरी की स्थिति मच गयी अग्निशमन दस्ते द्वारा आग पर काबू पाया गया पुलिस ने शॉर्टसर्किट को आग लगने का कारण बताया है

दस हजार करोड़ रुपये की लागत से बारह आधुनिक जैव ईंधन रिफाइनरी स्थापित करने की घोषणा की